आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जायेगा

कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकण्डा मेले का शुभारंभ करेंगे जिला कृषि अधिकारी हेमराज वर्मा ने बताया कि मेले में कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और विषयवाद विशेषज्ञ किसानों के साथ कृषि और बागवानी संबंधी समस्याओं पर सीधा संवाद करेंगे

विधायक सुंदर ठाकुर ने कल कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि इसमें मरीज़ों की जांच की जाएगी और उन्हें निशुल्क दवाईयां व स्वास्थ्य उपकरण दिए जाएंगे उन्होंने बताया कि ये शिविर शोभला साथी ट्रस्ट की मदद से लगाया जाएगा उन्होंने अपना एक महीने का वेतन ट्रस्ट को दान देने का ऐलान भी किया दोपहिया वाहन चम्बा ज़िले में पुलिस ने दोपहिया वाहनों की सवारी करने वाले सभी लोगों के लिए हैलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है चम्बा यातायात पुलिस प्रभारी राकेश गौरा ने बताया कि ज़िले में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र ये निर्णय लिया गया है सुर्खियां समाचार पत्रों से आज सभी समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को अपनी अहम सुर्खी बनाया है दिव्य हिमाचल का शीर्षक है मुख्यमंत्री ने बदला पदनाम पीजीटी अब होंगे लैक्चरर पंजाब केसरी के शब्द हैं पीजीटी होंगे अब प्रवक्ता स्कूलों में होगा उप प्रधानाचार्य का पद हिमाचल दस्तक ने लिखा है पालमपुर में मुख्यमंत्री ने की घोषणा पीजीटी का नाम प्रवक्ता किया जाएगा अमर उजाला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है खराब रिजल्ट देने वालों का नहीं रूकेगा इंकीमेंट स्कूलों में अब वाइस प्रिंसिपल

पिंजौर नालागढ़ वाया बददी फोरलेन पर संकट शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने खबर दी है मू अधिग्रहण फंसने पर केंद्र सरकार ने दिया परियोजना को डी नोटिफाई करने का नोटिस आपका फैसला की एक खबर है रोहतांग दर्रा और दारचा मार्ग वाहनों के लिए बहाल जनजातीय क्षेत्र के लोगों ने ली राहत की सांस दैनिक भास्कर के शब्द हैं रोहतांग दर्रा वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल वहीं अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून ने रोहतांग दर्रे पर यातायात बहाली को सचित्र प्रकाशित किया है दिल्ली में घुसे संदिग्ध आतंकियों में से एक के धर्मशाला में देखे जाने पर अमर उजाला की सुर्खी है संदिग्ध आतंकी को छात्र ने बस में पहचाना अलर्ट जारी आपका फैसला ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरमद्र सिह के बयान को सुर्खी दी है कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले रही सरकार विकास कार्य ठप्प शिमला और धर्मशाला समार्ट सिटी के लिए इलैक्ट्रिक बसों की खरीद संबंधी खबर पर दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है इलैक्ट्रिक बस खरीद मामले में बचाव की मुद्रा में सरकार

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में जातीय आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ टिप्पणी करते हुए लिखा है कि हिमाचली समाज को एकजुट होकर इसे दरकिनार करना होगा शीर्षक है आखिर हम हैं किस युग मे हिमाचल दस्तक अपने संपादकीय कब तक कर्ज से चलेगा काम में लिखता है कि प्रदेश सरकार को अपने खर्चो में कटौती के साथ साथ कमाई के साधन भी बढ़ाने होंगे ताकि विकास व वेतन भत्तों के लिए कर्ज न लेना पड़े